स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

केरल तमिलनाड् केंद्रशासित प्रदेश प्रद्दचेरी विधानसभा चुनाव के साथ ही तमिलनाड़ और कन्याकुमारी लोकसभा सीट के उपच्नाव के लिए भी वोट गए केरल में मल्लप्रम लोकसभा सीट के लिए भी मतदान ह्आ

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी निय्क्ति को स्वीकृति प्रदान की

न्यायमुर्ति रमन्ना आंध्रप्रदेश में किसान परिवार से हैं

यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्च्अल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्वाओं अभिभावकों और शिक्षकों के साथ नए प्रारूप में यादगार चर्चा होगी जिसमें व्यापक विषयों पर कई रोचक सवाल होंगे

इस बीच देश में कोविड के नये मामलों में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ गई है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने आर के मिशन अस्पताल ईटानगर में दो टीकाकरण केंद्र खोले हैं

विजयनगर मियाओ रोड पर समाचार कवरेज के बाद पत्रकार जेसन खंगथिंग की मोटर साइकिल एक ट्रैक्टर से टकरा गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए बाद में उन्हें डिब्रूगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ कल शाम उनकी मृत्यु हो गई राज्य के सभी मीडिया फेटरनिती ने उनके असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांड् ने जेसन खंगथिंग की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की

उन्होंने भूकंप से प्रभावित असम सिक्किम और बिहार राज्यों के म्ख्यमंत्रियों से बात की